आज से राज्य के सभी पी डी एस केन्द्रों पर गरीबों को निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है

संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए कोविड नाइन्टीन केंद्रों में संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आए लोगों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि कोविड नाइन्टीन के एक हजार दो सौ से अधिक मामलों के साथ देश में संक्रमण फैलने वाले स्थानों की संख्या बढ़ गई है केसेस में आए इस इंक्रीज का कारण है कि कुछ लोकशन पर लोगों की स्पोर्ट न मिलने से समय पर सूवित न करने के कारण अचानक केसेस की संख्या में यह इंक्रीज नोट किया गया है

इस जंग में किसी भी एक समाज के व्यक्ति का स्पोर्ट ने मिलने पर पूरे समाज को उसका नुकसान उगना पड़ेगा श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले चौबीस घंटे में दो सौ सत्ताइस मरीजों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार दो सौ इक्यावन हो गई उन्होंने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में तीन लोगों की मृत्यू हुई जिनमें से एक गुजरात एक पश्चिम बंगाल और एक मध्य प्रदेश का था उन्होंने कहा कि एक सौ एक लोगों को उपचार के बाद छट्टी दे दी गई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि अब तक बयालीस हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बताया कि परिषद कोविड नाइन्टीन का टीका विकसित करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ मिल कर कार्य कर रही है गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पृण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इक्कीस हजार से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं जहां छह लाख से अधिक लोगों को ठहराया जा सकता है उन्होंने कहा कि तेइस लाख से अधिक लोगों को भोजन देने की तैयारी की गई हैं सरकार दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीग जमात के कार्यकर्ताओं की पहचान करने उन्हें अलग करने और कोविड नाइन्टीन के संक्रमित मामलों में क्वारेंटीन के लिए प्रतिबद्ध है गृह मंत्रालय ने तेलंगाना में कोविड नाइन्टीन के संक्रमण का पता चलने के बाद इक्कीस मार्च को भारत में तबलीग जमात के कार्यकर्ताओं का ब्योरा सभी राज्यों को उपलब्ध कराया है रविवार तक तबलीग जमात के लगभग एक सौ बासठ कार्यकर्ताओं की जांच की गई और उन्हें क्वारेटीन के लिए भेजा गया अब तक एक हजार तीन सौ उन्तालीस कार्यकर्ताओं को दिल्ली के विभिन्न क्वारेंटीन केन्द्रों में भेजा गया है बाकी कार्यकर्ताओं की कोविड नाइन्टीन संक्रमण की चिकित्सा जांच की जा रही है आमतौर से तबलीग जमात के रूप में विदेशी नागरिक पर्यटन वीजा पर भारत आते हैं गृह मंत्रालय ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिये थे कि उन्हें टूरिस्ट वीजा पर मिशनरी कार्य नहीं करने चाहिए पुलिस इन सभी विदेशी तबलीग कार्यकर्ताओं के वीजा की श्रेणियों की जांच करेगी और वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेगी इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भी कई लोगों के भाग लेने की सुचना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जिन व्यक्तियों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की खबर है उनकी जिला स्तर पर तत्काल जांच करायी जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं सुचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सड़कों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने की तत्काल आवश्यकता है उन्होंने यात्रा करके आ रहे व्यक्तियों को क्वारंटीन केंद्रों में रखना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं श्री अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं श्री अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में कम्युनिटी किचन श्रू करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के इस समय में मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा श्री योगी ने जिलाधिकारियों द्वारा जारी की गयी आवश्ययक वस्तुओं के दामों की सुची को सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिये हैं कोविड नाइन्टीन का संक्रमण रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों और कामगारों को सुरक्षा उपायों का पालन करने तथा साक्षानी बरतने की सलाह दी है परिषद ने रबी फसलों की कटाई के दौरान किसानों के लिए परामर्श जारी किया है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कामगारों को खेत में काम करते समय हर स्तर पर सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में कम्बाइन हार्वेस्टर के जरिए गेहूं की फसल की कटाई हो रही है इसलिए विभिन्न राज्यों के बीच और राज्यों में मशीन लाने ले जाने की अनुमति दी गई है सभी किसानों को खेतों में जाने से पहले और काम करने के बाद व्यक्तिगत साफ सफाई और सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपायों का पालन करना चाहिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डे ने कहा है कि सभी प्रशिक्ओं को कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के दौरान पूरी छात्रवृत्ति मिलती रहेगी सभी प्रतिष्ठान प्राधिकृत और वैकल्पिक दोनों व्यापार में लगे प्रशिक्ष्ओं के लिए लागू छात्रवृत्ति का भुगतान करेंगे श्री पाण्डे ने कहा कि यह वह समय है जब हम सभी को आगे आकर एक दूसरे का सहयोग करने की जरूरत है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से राज्य के सभी पी डी एस केन्द्रों पर निःशत्क राशन वितरण की शुरूआत हो गई है

अन्योदय बीपीएल कार्ड धारकों के साथ ही मनरेगा कामगारों और पंजीकृत मजदूरों को मुफ्त में राशन दिया जायेगा कोरना के खतरे को ध्यान में रखते हुए राशन की दुकानों पर पर्यात दूरी बनाये रखने और साबुन तथा सैनिँटाइजर के इस्तेमाल को जरूरी कर दिया गया है जो लोग घर पर ही अलग थलग हैं उन्हें राशन उनके घर तक पहुंचाया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने अधिकारियों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी करने के साथही सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वो मुनाफाखोरी करने वालों के खिताफ सख्त कार्रवाई करें

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही फर्जी खबरों का संज्ञान लिया है इन खबरों में दावा किया गया है कि लोगों को नोवेल कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए उच्च पीएच स्तर वाले क्षारीय आहार का सेवन अधिक करना चाहिए इस खबर में जर्नल ऑफ वायरोलॉजी और एंटीवायरल रिसर्च में प्रकाशित शोध अध्ययन के निष्कर्ष का हवाला दिया गया है यह खबर फर्जी है और तथ्यात्मक रूप से गलत है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर संजीव भोई ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को सामान्य खांसी है और ठंड लग रही है लेकिन वह विदेश नहीं गया है अथवा कोविड नाइन्टीन से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में नहीं आया है तो उसे जांच कराने की आवश्यकता नहीं है एम्स में मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को डॉक्टर की बिना सलाह के हाईड्रोक्सी क्लोरोक्चीन या मलेरिया रोधी जैसी दवाईयां न लेने की सलाह दी है देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सामान की खरीददारी के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचने का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर मेहमानों को न बुलाने की सलाह दी गई है अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और अपने हाथों को साबुन और पानी से कम से कम बीस सेकेण्ड तक अच्छे से धोने की भी सलाह दी गई है खासी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्यलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शून्य सात छः पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं